राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकेण्डरी परीक्षा का परिणाम आज होगा घोषित

मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों में राज्यो के छब्बीस जिलों के लिए रेडअलर्ट जारी किया है गर्मी का प्रकोप पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड रहा है प्रशासन द्वारा कई शहरों में सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है

गांवों में पीने के पानी की भी किल्लत बनी हुई है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

एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि त्रिभाषा फार्मूले पर अंतिम निर्णय लेने से पहले जन सामान्य और राज्य सरकारों से परामर्श किया जाएगा डॉ जयशंकर ने कहा कि सरकार सभी भारतीय भाषाओं का विकास करेगी

विदेशी नागरिकों की प्रमाणिकता का पता लगाने और आतंकवादियों तथा अन्य खतरनाक व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें अमरीका आने से रोकने के उद्देश्य से नये नियम बनाए गये हैं आवेदकों के पास विकल्प होगा कि यदि वे सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करते तो इसे भी स्पष्ट कर सकते हैं

इससे वित्तीय पारदर्शिता आयेगी और किसानों के हित सुरक्षित होंगे पंजीयन कराने के लिये किसान आवश्यक दस्तावेज के साथ किसी भी ई मित्र केन्द्र पर संपर्क कर सकते हैं

पुलिस के अनुसार ये हादसा तब हुआ जब ये लोग कार से नौखा के धार्मिक स्थल पर जा रहे थे और जायसर गांव से तीन किलोमीटर पहले कार अनियंत्रित होकर पेड से टकरा गई घायलों को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है

गौरतलब है कि जोधपुर जिले के बिलाड़ा थाना क्षेत्र में कापरडा के पास कल एक सड़क हादसे में क्वीन हरीश सहित चार लोगों की मृत्यु हो गई

इस समिट में सीएसआर गतिविधियों का दायरा बढ़ाकर पांच सत्रों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सीएसआर विशेषज्ञ और औद्योगिक संस्थानों के सीएसआर प्रभारी मंथन करेंगे समिट में राज्य में सीएसआर गतिविधियों के संचालन में उल्लेखनीय योगदान देने वाली कंपनियों को ग्यारह श्रेणी में राज्यस्तरीय सीएसआर पुरस्कार दिए जायेंगे

दल को एक मुखबीर के जरिये गिरोह का पता चला था मामले की जांच की जा रही है